साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में नव निर्मित कल्चर एण्ड डीएसटी लैब राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मुलन कार्यक्रम से सम्बच्चित प्रचार प्रसार सामग्री का लोकार्पण भी किया उन्होंने टीबी मरीजों के उपचार के लिये टीबी से बचाव की नई औषधि का भी वितरण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक भारत को टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है प्रदेश सरकार भी इस संकल्प को पूरा करने के लिये प्रतिबद्व है इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे देश में इस वर्ष अक्टूबर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी से राजस्व संग्रह एक लाख पांच हजार एक सौ पचपन करोड़ रुपये रहा वित्त सचिव ए बी पांडे ने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष अक्टूबर में संग्रहित जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से दस प्रतिशत अधिक है अक्तूबर महीने का जीएसटी का कलेक्शन इस साल का अगर हम पिछले साल के अक्तूबर महीने से कम्पेयर करें तो करीब दस प्रतिशत ज्यादा है तो दोटल कलेक्शन अक्तूबर महीने का एक लाख पांव हजार करोड़ से ज्यादा है इसको अगर पिछले महीने से तुलना किया जाए सितंबर महीने में जो हमें रिवेन्यू मिला वो था करीब पंचानवे हजार करोड़ का और उसके अनुपात में अक्तूबर महीने में हमें एक लाख पांच हजार से ज्यादा मिला है वित्त सचिव ने बताया कि अक्तूबर के राजस्व संग्रह में से उन्नीस हजार एक सौ तिरानबे करोड़ रुपये सीजीएसटी पच्चीस हजार चार सौ ग्यारह करोड़ रुपये एसजीएसटी बावन हजार पांच सौ चालीस करोड़ रुपये आईजीएसटी और आठ हजार ग्यारह करोड़ रुपये उपकर से प्राप्त हुए हैं इस महीने कुल अस्सी लाख जीएसटीआर उबी रिटर्न फाइल किए गए हैं सरकार ने सीजीएसटी के तहत पच्चीस हजार इक्यावन करोड़ रुपये और आईजीएसटी के अंतर्गत उन्नीस हजार चार सौ सत्ताईस करोड़ रुपये का नियमित निपटान किया है इस महीने में नियमित निपटान के बाद सीजीएसटी के तहत चौवालिस हजार दो सौ पचासी करोड़ रुपये और एसजीएसटी के अंतर्गत चौवालिस हजार आठ सौ उन्तालीस करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं वित्त सचिव ने बताया कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और कोविड महामारी के प्रमाव से लोगों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं इससे ये देखा जा सकता है कि कोविड का जो इम्पेक्ट आया था जो हमें मार्च अप्रैल मई महीने में से जो शुरू हुआ और इकोनोमी में थोड़ी सी गिरावट जो आई थी अब घीरे घीरे हम उसको रिकवर कर रहे हैं और रिकवर ही नहीं कर रहे बल्कि उसको हम एक पॉजिटिव दिशा में मी हम उसको ले जा रहे हैं इसलिए पांच छह महीने में जो सरकार के द्वारा अलग अलग पैकेज और अलग अलग जो इस्टयूमिलिश दिए हैं एमएसएमई को उद्योग जगत को और लोगों को जिस तरह का कैश असिसटेंस दिया गया है तो उसका ही परिणाम अमी हमें धीरे धीरे मिलने लगा है चिकित्सा शिक्षा को सस्ता बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एम बी बी एस में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के नये नियमों को अधिसुचित किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नए नियम ऐसे सभी चिकित्सा महाविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना की जानी है ये नियम उन मेडिकल कॉलेजों पर भी लागू होंगे जो दो हजार इक्कीस बाईस के सत्र से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला बढ़ाना चाहते हैं नए नियमों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने पर जोर दिया गया है अब मेडिकल कॉलेज और उनसे जूड़े अध्यापन अस्पतालों की स्थापना के लिए निश्चित भूमि की आवश्यकता भी नहीं होगी प्रदेश की सात विधानसभा सीटों पर तीन नवम्बर को होने वाले मतदान के लिये चुनाव प्रचार आज शाम छ बजे समाप्त हो गया प्रचार का समय समाप्त होने के बाद प्रत्याशी अब घर घर जाकर मतदाताओं से सम्पर्क करने लगे हैं जिन सात सीटों पर उपच्नाव होना है उनमें अमरोहा की नौगावां सादात ब्लंदशहर फिरोजाबाद की टूंडला उन्नाव की बांगर मऊ कानपुर की घाटमपुर देवरिया और जौनपुर की मलहनी विधानसभा सीट शामिल हैं तीन नवम्बर को मतदान सम्पन्न होने के बाद दस नवम्बर को मतों की गिनती की जायेगी प्रदेश में आज से सभी राष्ट्रीय उद्यान और सफारी खोल दिए गए हैं राज्य सरकार ने तय समय से पन्द्रह दिन पहले इन्हें खोलने का फैसला लिया है राज्य में राष्ट्रीय उद्यान और सफारी हर साल पन्द्रह नवम्बर को खोले जाते थे कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण ये समी पार्क मार्च में बंद कर दिए गए थे पीलीमीत बाघ अभयारण्य के उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल ने आकाशवाणी को बताया कि पर्यटकों के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं